जांच के दिये गये आदेश सात लोगों को किया गया गिरफ्तार

पूरे प्रदेश में बढ़ रही है ठंड

बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पहले दिन प्रश्नपत्रों के कई सेट वायरल हो गये विभिन्न जिलों में कदाचार के आरोप में सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि परीक्षा प्रारंभ होने के थोड़ी देर बाद ही पटना के सर्वोदय उच्च विद्यालय केन्द्र से एक परीक्षार्थी प्रश्नपत्र लेकर फरार हो गया परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में दरभंगा नालंदा मधेपुरा और पटना से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है परीक्षा के पहले दिन दो पालियों में तीन लाख छब्बीस हजार परीक्षार्थी शामिल हुये आज भी दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है आयोग ने प्रश्नपत्र वायरल के जांच के आदेश दिये हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के दस सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है पकड़े गये अपराधरी कानपुर के दो परीक्षा केन्द्रों पर दूसरों की जगह ऑनलाईन परीक्षा में सम्मलित हो रहे थे इन फर्जी परीक्षार्थियों में सुपौल निवासी महेश यादव और ललित कुमार यादव भी शामिल हैं राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किशनगंज में हॉर्टिकल्वर रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी पटना में श्री कुमार ने बताया कि सरकार ने इसके लिए नब्बे पदों की मंजूरी दी है इसके अलावा एडवांस सेंटर ऑफ सेरीकल्चर की स्थापना के लिए अस्सी पदों के सुजन की स्वीकृति दी गयी है उन्होंने कहा कि यह केन्द्र राज्य में रेशम पालन पर अनुसंधान के लिए समर्पित होगा राज्य के पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने कहा है कि प्रदेश में बैंक एटीएम कैश वैन की लूट और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने क लिए स्पेशल स्क्वॉड की तैनाती की जायेगी इसके लिए सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक और आरक्षी अधीक्षक को जिलों में स्पेशल स्क्वॉड तैनात करने का निर्देश दिया गया है वित्त मंत्रालय ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस कर दी है रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पहले इकतीस दिसम्बर तय थी सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार इसके लिए जरूरी फार्म शीघ्र ही जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भवनों परिसरों और तैयार फ्लैटों की बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगता है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन निर्माणाधीन सम्पत्तियों या तैयार फ्लैटों की बिक्री के समय कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है उन की बिक्री पर जीएसटी लगेगा मंत्रालय ने जीएसटी लागू होने से पहले और इसके बाद की स्थिति में कर भुगतान के लिए भवन निर्माताओं को मिलने वाले क्रेडिट और कर की प्रभावी दर के बारे में विस्तृत सारणी भी जारी की है मंत्रालय ने कहा है कि बिल्डरों को कर में कमी का लाभ खरीदारों को भी देना चाहिए

सासाराम भागलपुर और अररिया में दो दो मुजफ्फरपुर बेगूसराय खगड़िया गोपालगंज कटिहार तथा आरा में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंढ़ी हवा के कारण राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट की सम्भावना है पटना में सुबह से ही आसमान में धुंध की स्थिति बनी हुई है

वहीं सात डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना पूलिस ने फर्जीवाड़े के एक मामले में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है रजिस्ट्रार पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर नौकरी देने का आरोप है योजना और विकास विभाग ने कौशल विकास के प्रशिक्षण लेने के मामले में जिलों की रैंकिंग जारी की है इसके अनुसार शेखपुरा पहले स्थान पर जबकि दूसरे स्थान पर रोहतास और तीसरे स्थान पर बेगूसराय के युवा है बिहार प्रलिस अकादमी के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडये को डीजी प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया है वर्तमान में श्री पांडये महानिदेशक बिहार सैन्य पुलिस का भी कार्यभार देख रहे हैं सीवान जिले के गूठनी थाना क्षेत्र के गूठनी मोड़ के पास से पूलिस ने एक ट्रक से दो सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है गया जिले के ड्मरिया थाना क्षेत्र के डाकबंगला चौक के पास से पूलिस ने दो युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले मे कहलगांव अनुमंडल से पुलिस ने एक सौ चार ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया है सीतामढ़ी जिले के परिहार में अपराधियों ने एक द्वकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया और लाखों रूपये की सम्पत्ति लूट ली मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत चंगेल गांव में एक पागल गीदड़ ने दो दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का शताब्दी स्थापना दिवस समारोह आगामी सत्रह दिसम्बर को मनाया जायेगा शताब्दी समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन को विद्या वाचस्पति अलंकरण से विभूषित किया जायेगा सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने यह जानकारी दी मधेपुरा में ग्यारह से चौदह दिसम्बर तक राज्यस्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जायेगा बिहार टेबल टेनिस संघ के सचिव मुकेश राय ने बताया कि टूर्नामेंट में टीम इवेंट के अलावा बालक बालिका के कैडेट सबजूनियर जूनियर युथ और सीनियर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी इस प्रतियोगिता के आधार पर बिहार टीम का चयन किया जायेगा बेगूसराय में तेरह से पन्द्रह दिसम्बर तक राज्य जूनियर वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा इस टूर्नामेंट में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे जिनका जन्म एक जनवरी दो हजार एक के बाद हुआ हो और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है इंटर संयुक्त परीक्षा खत्म होने के कुछ देर पहले पेपर वायरल बीएसएससी परीक्षा के प्रश्नपत्र फिर लीक दैनिक जागरण ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मजबूत या मजबूर सरकार के लिए होगा दो हजार उन्नीस का महासंग्राम दैनिक भास्कर की सुर्खी है जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी राष्ट्रीय सहारा लिखता है सीएम ने किया जागरूकता रथ को रवाना सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की लोगों को देगा जानकारी आज अखबार का शीर्षक है चौदह से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध

जांच के दिये गये आदेश सात लोगों को किया गया गिरफ्तार

पूरे प्रदेश में बढ़ रही है ठंड